न्यायमूर्ति अरूण भिश्रा न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की अगुवाई वाली पीठ ने कांग्रेस कार्यकर्ता तहसीन पूनावाला की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि वह राज्य में स्थिति सामान्य होने की प्रतीक्षा करेगी मामले पर दो सप्ताह बाद फिर सुनवाई होगी पीठ ने कहा कि जम्मू कश्मीर की वर्तमान स्थिति बहुत संवेदनशील है और क्षेत्र में हालांत सामान्य होने के लिए कुछ समय दिया जाना चाहिए

श्री सिंह ने जयपूर में विधानसभा में निर्वाचन अधिकारी के समक्ष अपना नामांकन पत्र भरा उन्होंने नामांकन पत्र के चौर सेट दाखिल किये इस अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे कई मंत्री और अन्य नेता मौजूद थे बहुजेन समाज पार्टी और निर्दलीय विधायकों ने भी श्री सिंह का समर्थन किया है विधायक राजेन्द्र सिंह गुढ़ा लाखन सिंह सहित अन्य बसपा विधायकों ने डॉ सिंह से मुलाकात भी की

भाजपा विधायक दल की आज जयपुर में हुई बैठक के बाद विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया ने बताया कि उम्मीदवार उतारने के बारे में फैसला दिल्ली आलाकमान पर छोड़ दिया गया है उन्होंने बताया कि विधायकों की राय के बारे में आलाकमान को जानकारी दी जा रही है

प्रदेश में भाजपा के मदनलाल सैनी के निधन के बाद राज्यसभा सीट खाली हुई थी जिसके बाद इस पर उपचुनाव कराया जा रहा है

इस दिन मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशित किया जाएगा

उन्होंने कहा कि इसका आधार डिजीटल होगा और सर्वेक्षण में आध्रनिक तकनीक महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगी श्री पुरी ने कहा कि इस सर्वेक्षण का उद्देश्य शहरों में स्वच्छता से संबंधित सतत विकास को परखना तथा सेवाओं की निगरानी व्यवस्था की जांच करना है

श्री गहलोत ने आज विश्व अंगदान दिवस पर ट्वीट कर कहा कि अंगदान से किसी के कीमती जीवन को बचाया जा सकता है

उन्होंने कहा कि हमें सामाजिक सरोकार का भाव रखकर शिक्षा में गुणवत्ता के स्तर को सुधारना होगा

समारोह भें मुख्यमंत्री अशोक ं गहलोत संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार और इसकी सेवा में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले विद्वानों को सम्मानित करेंगे

संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार में उल्लेखनीय योगदान देने वाले दो भामाशाहों को भी सम्मानित किया जाएगा संस्कृत दिवस के सिलसिले में राज्यपाल कल्याण सिंह के संदेश का कल आकाशवाणी और दूरदर्शन से प्रसारण किया जाएगा

गली मोहल्लों में राखियों से सजी दुकानों पर सुबह से लेकर रात तक महिलाओं की भीड़ बनी रहती है उधर हनुमानगढ में रक्षाबंधन को पर्यावरण संरक्षण की मुहिम से जोड़ने का प्रयास किया गया है

यह विशेष गीत द्रदर्शन ने तैयार किया है

इसमें सशस्त्र बलों की वीरता और देश के शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी गई है

समारोह में पेश किए जाने वाले परेड मार्च पास्ट सांस्कृतिक कार्यक्रमो के देशभक्ति के कार्यक्रम और बैंड वादन और के पूर्वाभ्यास में प्रतिभागियों ने उत्साह से भाग लिया

ये कार्यक्रम दूरदर्शन के नेशनल चैनल पर देखा जा सकता है

बूंदी में वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों की लॉटरी आज चयन समिति सदस्यों की मौजूदगी में निकाली गई

कोटा के कोटडी छावनी इलाके में पीने के पानी की समस्या दूर करने की मांग को लेकर लोगों ने दादाबाडी जलदाय कार्यालय पर प्रदर्शन किया

मौसम विभाग के अनुसार भरतपुर झालावाड अलवर करौली कोटा बारा घौलपुर जयपुर अलवर और दौसा जिलों में हल्की बारिश हुई है